इसके अलावा अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे क्रेडिट कार्ड केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वित्तीय समावेशन का अभियान श्रू करने का फैसला किया है विज्ञप्ति के अनुसार इस अभियान की शुरूआत राज्य सरकारों के सहयोग से वित्तीय संस्थानों के जरिये की जाएगी वित्तीय सेवा विभाग इस बारे में वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी कर चुका है

पार्टी महासचिव चंद्रमोहन ठाकुर ने कल शिमला में इस संबंध में कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए उन्होंने बताया कि कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती करेंगे जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत विशेष रूप से मौजूद रहेंगे स्वाईन फल् प्रदेशभर में स्वाईन फ्लू की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं शिमला ज़िला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज मित्तल ने बताया कि सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इस बीमारी के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाईयां उपलब्ध हैं उन्होंने लोगों से स्वाईन फलू के प्रति जागरूक रहकर स्वच्छता का खास ध्यान रखने का आग्रह किया है स्वाईन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को स्वाईन फ़लू के बारे में विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं

इस बीच जनजातीय जिला लाहौल स्पीति से आपातकालीन हैलीकाप्टर की उड़ानों से घाटी में फंसे लोगों को भूंतर तक पहुंचाया गया एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है राज्यपाल देवव्रत ने अभिभाषण में थपथपाई जयराम सरकार की पीठ

आपका फैसला के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू जबकि दैनिक जागरण लिखता है राज्यपाल ने अभिभाषण में गुड़िया व होशियार हेल्पलाइन के लिए सराही सरकार पंजाब केसरी लिखता है परवाणू में मापतोल विभाग का निरीक्षक साढ़े चार लाख रूपए की रिश्वत के साथ गिरफतार हिमाचल दस्तक का शीर्षक है साढ़े चार लाख रिश्वत लेते धरा निरीक्षक इसी पत्र की अन्य खबर है रिश्वतखोरी का केस पकड़ने वाले डीएसपी का तबादला शिमला में स्वाइन फलू से दो और की मौत पंजाब केसरी की खबर है

दैनिक जागरण के शब्द हैं आईजीएमसी में स्वाइन फलू से पीड़ित दो और लोगों की मौत मौसम से जुड़ी खबर पर आपका फैसला लिखता है हिमाचल में आज से फिर बारिश व बर्फबारी के आसार

एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में ईमानदारी से दूरी में लिखता है कि भ्रष्टाचार रूपी दीमक देश के विकास को खोखला कर रहा है और नैतिक मूल्यों के पतन का कारण बन रहा है हिमाचल में रिश्वत के मामले सामने आना अच्छे संकेत नहीं देता